लोकसभा ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोध्न विधेयक पारित किया सरकार का दावा है कि इसमें ट्रस्ट में राजनीति समाप्त होगी गन्नौर में अंतराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी के विकास तथा परिचालन के लिये स्थापित किये स्पैशल र्पपस व्हीकल ने परियोजना की रूप रेखा तैयार की

हरियाणा विधानसभा का सत्र मानसून सत्र आज पिछले सत्र के बाद दिवंगत हई आत्माओं को श्रद्वाजंलि देने के साथ श्रू हो गया ये सत्र छ अगसत तक चलेगा आज जिन प्रम्ख हस्तियों की आतमाओं को शांति के लिए प्रार्थना की गई उनमें गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित हरियाणा के पूर्व मंत्री श्रीमती शारदा रानी संय्क्त पंजाब विधानसभा की सदस्य रही श्रीमती स्नेहलता शामिल है इनके अलावा इस काल के दौरान दिवंगत हये स्वंतत्रता सेनानियों हरियाणा के शहीदों और सड़क द्र्घटनाओं में मारे गये शिव भक्त कावड़ियों व अन्य को भी श्रद्वाजंलि दी गई म्ख्यमंत्री द्वारा प्रस्त्त शोक प्रस्ताव का कांग्रेस की ओर से श्रीमती किरण चौधरी इनैलो की ओर से श्री अभय चौटाला द्वारा इसका अन्मोदन किया और साथ ही शोक प्रस्ताव पारित हो गया सदन में आज कार्य सलाहकार सिमति की पहली रिपोर्ट भी प्रसत्त की गई व सदन के पटल पर जरूरी कागजात भी रखे गये विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण पाल ग्र्जर ने आज कार्रवाई के दौरान सदन को यह भी सूचित किया कि रनबीर सिंह गंगवा केहर सिंह परमिंदर सिंह ढ़ल जयदीप सहित इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिये गये है

केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में राजनीति को समाप्त करना चाहती है उन्होंने कहा कि विधेयक इस स्मारक को राष्ट्रीय स्माकर बनाने का प्रयास है श्री प्रहलाद ने कहा कि स्माकर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए उन्होंने बताया कि विधेयक मे एक धारा शामिल की गई है जो केन्द्र सरकार को किसी भी नामज़द ट्रस्टी का कार्यकाल बिना कारण बताओं बताये समाप्त करने का अधिकार प्रदान करती है कांग्रेस सदस्य ग्रजीत औजला ने कहा कि विधेयक का एक मात्र उद्देश्य कांग्रेस अध्यक्ष को ट्रस्टी की सूची से हटाना है

उन्होंने कहा कि क्यूकि किसान सभा के लगा रहा है कि मंजूरी समझौता पत्र के पंजीकरण में स्टैम्प श्ल्क की छूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती इसलिये सरकार दवारा उस पर विचार किया जा रहा है

उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार इसका समधान करेगी

कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायक कृलदीप शर्मा ने प्रश्न के उत्तर मे सदन को ये जानकारी दी उन्होंने ये भी बताया कि एस पी वी ने भवनों के नक्शों को अंतिम रूप देने के लिये मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता मे एक समिति भी गठित की है और ये नक्शा अगले महीने अन्मोदन हो जाने की संभावना है विधायक द्वारा इस मंत्री के पूरा होने की समय सीमा बारे पूछे प्रश्न पर श्री धनखड़ ने कहा कि इस समय कोई सीमा नहीं दी जा रही है क्योंकिं इस मंडी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडियों के अध्ययन के बाद खाका तैयार किया गया है

विधायक दवारा मंडी को रेल से जोड़ने और पोल्ट्री मार्केट सैक्शन बनाने के सुझाव पर मंत्री ने भरोसा दिया कि एसपीवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी स्विधाओं पर काम कर रहा है हरियाणा के गांव झोझूकला व आासपास के क्षेत्र में अवैध खनन का कोई भी मामला नहीं पाया गया है और न ही क्षेत्र में कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा है खान एव भ् विज्ञान मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायक किरण चौधरी के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी

उन्होने बताया कि समित की रिपोर्ट अभी वांछित है मंत्री ने कहाकि स्टोन क्रशर मालिकों के बीच स्पर्धा के चलते कई बार गलत शिकायतें भी मिलती है ऐसे ही अम्बाला के एक गलत पते से मिली शिकायत के बारे में शिकायतकर्ता का अम्बाला में पता ही नहीं है हरियाणा विधानसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस विधायक करण दलाल ने सरकार मे मंत्री मनीष ग्रोवर की बर्खास्ती की मांग की श्री दलाल ने कहा कि क्यूंकि विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अब सरकार को चाहिए कि वो उन्हें बर्खास्त करे इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवसथा का मामला भी उठाया विधायक जय प्रकाश धरोती गांव मे किसान धरने का मुद्दा उठाया आज कार्रवाई में शामिल होने आये कांग्रेस विधायक रणदीप सिंह स्रेजेवाला ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बरवाला ब्रांच को लिंक कैनाल से जोड़ दे तो किसानों की समस्या हल हो सकती है कांग्रेस ने आज किलोमीटर स्कीम के विरोध में वाक आऊट भी किया और इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की